प्रधानमंत्री आन उज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की तीन प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित कीं इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नौ सौ करोड़ रूपए की इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे उन्होंने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाके में नए उद्योग धंधे ख्लेंगे श्री मोदी ने कहा कि बांका और पूर्वी चंपारण के रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों में हर साल सवा करोड़ गैस सिलेंण्डर भर्र जा सकेंगे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंण्डर गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं

कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हए सदनों की बैठके दो पारियों में सुबह नौ बजे से दोपहर बाद एक बजे तक और शाम तीन बजे से सात बजे तक आयोजित की जाएंगी पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा सुबह की पारी में बैठक करेगी और लोकसभा की बैठकें शाम को होंगी सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है शुन्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हए पहली बार रोकथाम के कड़े उपाय किए गए हैं इन उपायों में सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने की वजह से सदस्यों के बैठने के लिए दीर्घाओं और कक्षों में बैठाने की व्यवस्था भी शामिल है सांसद सहित संसद भवन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का सत्र के शुरू होने से पहले कोविड जांच की गई है कोविड प्रबंधन नियमावली स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी से स्वस्थ हो रहे लोगों के स्वास्थ्य लाभ और कल्याण के लिए कोविड प्रबंधन नियमावली जारी की है इसमें बताया गया है कि ठीक हए रोगियों में थकान बदन दर्द खांसी गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्य के लिए समग्र द ष्टिकोण अपनाना जरूरी है नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए प्रोटोकोल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली आय्ष दवाएं लेने को भी कहा गया है

प्रदेश में परीक्षा कोविड संक्रमण से बचाव के समी एहतियाती उपायों के बीच कराई गई

परीक्षार्थियों के साथ आये अभिभावकों ने कोविड महामारी के दौरान पूरी एहतियात के साथ परीक्षा कराने के लिए सरकार का आभार जताया

ये कैंप चीन सीमा से सटी व्यास घाटी में आयोजित किए गये हैं देश के अंतिम गांव कृटी सहित सीमांत के कई क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया

एनएचपीसी के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी सीमांत क्षेत्रों में उनका यह अभियान जारी रहेगा

अब कैदियों के परिजन महीने में दो बार जेल में उनसे मुलाकात कर सकेंगे महानिरीक्षक कारागार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कैदियों से मिलने आने वाले व्यक्ति को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी इसके बाद सैनिटाइज किए जाने के बाद उन्हें बंदियों से मिलने की अनुमति दी जाएगी वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि हल्द्वानी जेल में बंद कैदियों के परिजन सरकार के नियमों के अनुसार ही मुलाकात कर सकेंगे वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जेल को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है कैदियों से मिलने वाले परिजनों की संख्या भी सीमित की गई है ई लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष और जिला जज राजीव खुल्बे की अध्यक्षता में आज जिला मुख्यालय नैनीताल बाह्य न्यायालय हल्द्वानी और रामनगर में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है आज गढ़वाल और कमाऊ मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और नदियां भी उफान पर है भूस्खलन से जगह जगह सडके बंद हैं हालांकि कुछ सडकों को खोला जा चुका है और यातायात बहाल कर दिया गया है इस बीच मौसम विभाग ने कल नैनीताल देहरादून पौड़ी में अनेक स्थानों पर और पिथौरागढ़ टिहरी अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है

शोक पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया है श्री सिंह कोरोना संबंधी परेशानियों के इलाज के लिए एक सप्ताह पहले दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हुए थे श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द्र अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत काग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्य कान्त धस्माना ने श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है